कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

आज दिल्ली के हृदय और फेफडा रोग संस्थान में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी द्ष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पुष्टि हुई है

प्रदेश में कोविड मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है

देश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चार करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गइ है

गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां शत प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचा है उसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अथक प्रयास से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं

इस अभियान के अन्तर्गत न सिर्फ स्कूलों में पढ़ाई के स्तर में व्यापक सुधार हुआ है वरन् विद्यालयों की इमारतों की भी मरम्मत करके उन्हें सजाया संवारा गया है सरकार के इन प्रयासों ने प्राथमिक विद्यालयों और यहां के शैक्षिक माहौल को बदल कर रख दिया है श्रमिकों और गरीबों के बच्चे भी इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करते नजर आते हैं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

आज एक परामर्श जारी कर महानिदेशालय ने बताया है कि कुछ हवाई अड्डों पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है और यह संतोषजनक नहीं रहा है परामर्श में सभी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि वे यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने नाक और मुंह ढकने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करें हवाई अड्डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करन वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है

कई जगहों पर तापमान अभी स सामान्य से कई डिग्री ऊपर पहुंच गया है

उधर तापमान में बढ़ोत्तरी के कारण प्रदेश के कई स्थानों में फसलों में आग लगने के चलते भारी नुकसान के समाचार है

मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से फिलहाल जल्दी राहत की संभावना नहीं है कौशाम्बी जनपद में चायल तहसील के रसूलपुर बदले और सिरयावां गांव में बिजली के कारण खेतों में आग लग गई सूखी फसल और ऊंचे तापमान ने देखते ही देखते कई बीघा गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया एक अन्य दुर्घटना में पीलीभीत के जहानाबाद में आग लगने से तीन किसानों की गेहूं की खड़ी फसल नष्ट हो गई यहां भी आग लगने का कारण बिजली के तारों में चिनगारी फूटना बताया जा रहा है बसंत पंचमी की शुरूआत से ही ब्रजमंडल के जनमानस ही नहीं आबोहवा में भी होली की सुगंध घुल जाती है जिसका क्रम होली के बाद कई सप्ताह तक रहता है आज बलदेव के दाऊजी मंदिर परिसर में विश्व प्रसिद्ध हुरंगा होली का आयोजन हुआ जहां लोगों ने अबीर गुलाल और फूलों की होली खेली इस होली में गोपिकाओं का रूप धारण किये महिलाओं द्वारा होरियारों को कोड़े मारने की रिवाज है और विवरण हमारे प्रतिनिधि से श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा के बलदेव दाऊजी मंदिर परिसर में विश्व प्रसिद्ध हुरंगा का आयोजन हुआ यहां सम्पूर्ण मंदिर परिसर का आसमान से फूलों और अबीर गुलाल की बरसात से बादल छा गए यहाँ गोपी स्वरूप महिलाओं ने गोप स्वरूप हुरियारों के नंगे बदन पर कपड़े से बने कोड़े बरसाए इन कोड़ों को टेसू के रंगों में भिगोया गया इस अद्भुत और अनूठी परंपरा के हजारों लोग साक्षी बने मथुरा से मुहम्मद उमर कुरैशी आकाशवाणी समाचार

विभिन्न स्थानों से श्रद्वालुओं की सुविधा के लिये परिवहन निगम ने विशेष बसों का संचालन शुरू किया है यह मेला होली के बाद एक महीने तक चलेगा श्रद्वालु दर्शन पूजन और ई पास के लिये सरकारी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं

जहाज को निकालने के लिए चलाए गए अभियान में शामिल कंपनी बोस्केलिस ने कहा कि वहां जहाज का पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल सीसी ने विशालकाय एवर गिवेन मालवाहक जहाज को निकालने के लिए चलाए गए अभियान की कामयाबी पर ख्रशी जताई इस जहाज ने स्वेज नहर को छह दिनों के लिए अवरुद्ध कर दिया था जहाज को निकालने के काम में लगी कंपनी के प्रमुख ने कहा कि इस काम में देर होने के कारण दबाव बना हुआ था स्वेज नहर प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एडमिरल ओसामा रबी ने घोषणा की है कि पनामा का यह मालवाहक जहाज सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया है जहाज को खींचकर और उसे धक्का देकर उसकी दिशा को अस्सी प्रतिशत तक वास्तविक स्थिति में लाया गया